कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने टास्क फोर्स को चौबीसों घंटे कोरोना मरीजों की निगरानी का दिया निर्देश देवघर स्थित बाबाधाम में श्रद्वालुओं के लिए आज से फिर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कल अंतिम सोमवारी पर तीन सौ से अधिक लोगों ने की पूजा कोरोना राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ इकतीस नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या तेरह हजार पांच सौ तेरह हो गई है इनमें चार हजार सात सौ चौरानबे लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार पांच सौ चौरानबे हो गई है वहीं द्सरी ओर राज्य में अब तक कोरोना से एक सौ पच्चीस लोगों की मौत हो चुकी है

सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी को स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र देकर कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है

इस दौरान संक्रमितों के मिलने की दर पांच दशमलव एक तीन प्रतिशत रही है इकतीस जुलाई से दो अगस्त तक चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत सैंतालीस हजार से अधिक सैम्पल जमा किए गए हैं बाकी बचे नमूनों की जांच चल रही है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के चौबीस जिलों में स्पेशल टेस्टिंग अभियान चलाया गया जो आगे भी जारी रहेगा कोरोना गोडडा गोड्डा के पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने जनता के लिए विशेष संदेश प्रसारित कर कहा है कि गोड्डा में कोरोना की स्थिति अच्छी नहीं है जगह जगह संक्रमण की शिकायत आ रही है उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने मास्क पहनने और बिना कारण घर से नही निकलने की अपील की है उन्होंने कहा कि आज से बिना मास्क के व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

आयोग ने पहले ही प्रमाण पत्रों की जांच तथा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए क्रमांकवार तिथियां तय कर दी हैं साथ ही नियुक्ति में एकेडिमक उपलब्धियों तथा साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण कर दिया है

रेलवे भारतीय रेल में लदान बढ़ाने के लिए और व्यवसायियों को आकर्षित करने को लेकर बहुआयामी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया गया है इसी के अंतर्गत रांची रेल मंडल में बहुआयामी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया गया जिसका मुख्य कार्य मंडल पर स्थित गुड्स शेडों का व्यवसायियों के सुझायों के अनुसार सीमित समय मे विकसित करना भी है रांची रेल मंडल के प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने व्यवसायियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर बताया कि नामकुम गुड्स शेड का आवश्यक सुविधाओं के साथ विकास किया गया है

रिम्स प्रबंधन ने टास्क फोर्स के काम नहीं करने के फैसले को खारिज कर दिया है सभी सदस्यों को नई जिम्मेवारी के साथ इस आपातकालीन रिथिति में काम करने को कहा गया है प्रबंधन और टास्क फोर्स तथा विभिन्न विभागों के एचओडी के साथ कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रबंधन ने बैठक कर टीम के विभिन्न सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है

इसमें क्रिटिकल केयर के हेड डॉ प्रदीप भट्टाचार्य को आइसीयू की जिम्मेदारी दी गई है रिम्स प्रबंधन ने चौबीस घंटे मरीजों की देखभाल का निर्देश दिया है मख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा उन्होंने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह बात कही है झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग उठाई थी उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बाबत फैसला लेने का आग्रह किया था इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने वृहत आयोजन किए जाने की बात कही सीता सोरेन के मुताबिक छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने अवकाश का निर्णय लिया है झारखंड भी जनजातीय बहुल राज्य है ऐसे मे यहां भी इस संबध में सरकार को फैसला लेना चाहिए स्पेशल स्टोरी गढ़वा गढ़वा जिले को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति अपलब्ध कराने के लिए भागोडीह सुपर पावर प्रिड का निर्माण और इसे हटिया ग्रिड से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है

बाबा मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर ने बताया कि राज्य में लागू लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंगलवार से पूर्व की तरह बाबा मंदिर आम श्रद्वालुओं के लिए बंद रहेगा भादो माह में मंदिर खोलने को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगे की व्यवस्था शुरू की जाएगी इधर कल अंतिम सोमवारी पर तीन सौ अधिक लोगों ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की

पूरे महीने कांवड़ यात्रा बंद रहने के बाद आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के आदेश के बाद मंदिर का पट आम श्रद्दालुओं के लिए खोला गया था

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इसका उदघाटन किया यहां स्वामी विवेकानंद तथा झारखंड के कई शहीदों की भी प्रतिमाएं स्थापित होंगी राज्यपाल ने कल इनका शिलान्यास किया सभी प्रतिमाएं छह से आठ फीट ऊंची और अलग अलग मुद्राओं में होंगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा योग की मुद्रा में होगी

अयोध्या में छाया उल्लास शीर्षक से प्रभात खबर राममंदिर के भूमिपूजन अनुष्ठान की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाषित किया है वहीं पांच सौ साल बाद आई ये घड़ी शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रकाशित किया है इधरं अनुष्ठान की शुरूआत की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर जगह दी है झारखण्ड में कोरोना जांच महाअभियान में खतरे के संकेत नहीं मिलने की खबर को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से छापा है चीन की सीमा पर भारत ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है